प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उदघाटन किया उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है

आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है

देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले छह सात साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग ढाई करोड बढ गई है श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानि करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की छानबीन निष्पक्ष शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी श्री मोदी ने कहा कि करदाता चार्टर देश की विकास यात्रा में एक बडा कदम है श्री मोदी ने कहा कि विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत के प्रति निरंतर बढ़ रहा है

रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफार्मस हैं अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन हैं रिफार्मस के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय में भी भारत में रिकार्ड एफ डी आई का आना इसी का उदाहरण है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पहल को कांतिकारी और महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इस व्यवस्था के आने के बाद ईमानदार करदाता और बेहतर योगदान कर सकेंगे भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने केन्द्र सरकार द्वारा पत्यक्ष करों में लगातार किये जा रहे सुधारों की सराहना करत हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि इन सुधारों से जहां एक ओर उद्योग जगत क साथ साथ आम आदमी का विश्वास भारतीय कर प्रणाली में बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर इससे अर्थव्यवस्था में निवश को भो बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये इन सुधारात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था के विकास को काफी बल मिलेगा बाइट आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस पारदर्शी फेशलेस सिस्टम का उद्घाटन किया है और जिस तरह के कर सुधारों में आगे की घोषणा हुई वो निश्चित तौर से ऐतिहासिक फैसले हैं क्योंकि जिस तरह से एक ईमानदार टैक्सपेयर को अगर इस तरह से परेशानियों का सामना होता था

निश्चित तौर से इस कथन से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आने वाले दिनों में वो बहुत तेजी से विश्व में बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि चिकित्सक होम आइसोलेशन वाले कोविड मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहें

मुख्यमंत्री ने कानपुर लखनऊ और वाराणसी के कोविड अस्पतालों में बेड़स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई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

ये थाने पुलिस परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर खोले गये हैं इससे पहले राज्य में लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में ऐसे केवल दो थाने थे जिन जनपदों में नए साइबर पुलिस थाने खोले गये हैं वे हैं आगरा अलीगढ़ प्रयागराज चित्रकूट बरली मुरादाबाद बस्ती गोंडा गोरखपुर झाँसी कानपुर अयोध्या सहारनपुर आजमगढ़ मिर्जापूर और वाराणसी

इन थानों के ई मेल पते और फोन नंबरों वाली सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है प्रदेश में हो रही लगातार वर्षा जहां फसलों के लिए लाभप्रद है वहीं अत्यधिक जल भराव के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमीरपुर में भारी वर्षा के चलते लोगों को उमस भरी गरमी से राहत मिली अयोध्या कौशाम्बी बरेली बदायूू बागपत सहित कई जनपदों से लगातार वर्षा होने के समाचार हैं कई जनपदों से तेज वर्षा के कारण जन धन की हानि के समाचार मिले हैं हापुड़ से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है जिससे गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी उफान पर है गंगा नदी में जल बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों में तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क दूट गया है डीएम के निर्देश पर तहसील प्रशासन अलर्ट है प्रशासनिक अधिकारियों ने गढ़मुक्तेश्वर के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देने की बात कही रविंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार हापुड़ मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा अगले कई दिनों तक राज्य के पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान जताया ह कुशीनगर जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्राम्य स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस पर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का श्रभारम्भ किया गया एक रिपोर्ट डिस्पैच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुशीनगर जिले में बच्चों को निमोनिया और दिमागी बुखार से बचाने के लिए निःशुल्क पीसीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया पडरौना के राजकीय महिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ सांसद विजय कुमार दुबे ने किया इस अवसर पर जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि पीसीवी टीके से बच्चों को निमोनिया डायरिया दिमागी बुखार सहित कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने का निर्देश दिया इस अवसर पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलाई गयी

समाप्त